एमपी मैग्नीफिसेंट मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश को निवेश फ्रेंडली राज्य बनाने के लिए सरकार कोई भी कदम और नए तौर तरीकों को अपनाने में पीछे नहीं हटेगी इंदौर में आयोजित मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश निवेशक सम्मेलन में उन्होंने उद्योग समुदाय से आव्हान किया कि वे प्रदेश के विकास में भागीदार बनें और ज्यादा से ज्यादा रोजगार सुजन में मदद करें मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नए निवेश का स्वागत और पूर्व में हुए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है

जो श्री गोगोई के बाद वे सबसे वरिष्ठ न्यायधीश हैं

कल के अंक में आप बापू के खंडवा प्रवास के संस्मरण सुन सकते हैं

यह फैसला दो वर्ष पूर्व मिजोरम के छिंगछिप सैनिक स्कूल में लड़कियों को प्रवेश देने के सफल प्रयोग के बाद लिया गया है श्री सिंह ने अधिकारियों से इस के लिए सैनिक स्कूल में आवश्ययक बुनियादी ढांचा तैयार करने और पर्याप्त संख्या में महिला कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है यह निर्णय सरकार के व्यापक समावेशन लैंगिक समानता सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की व्यापक भागीदारी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्यों के अनुरूप है

यहां पहली बार आयोजित हो रहे इस महोत्सव में सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल मालिनी अवस्थी सहित विभिन्न अंचलों के लोक कलाकार अपने लोकनृत्य की प्रस्तुति देंगे

हादसा उस वक्त हुआ जब चालक वाहन को पीछे ले रहा था मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए द्घटना में मृत बच्चों के प्रति शोक व्यक्त किया है

क्रिकेट भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से रांची में शुरू होगा

दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीकी टीम आखिरी टेस्ट में वापसी करने की कोशिश करेगी ताकि पूरी तरह सफाये से बचा जा सके

इस नीलामी में ज्यादातर तुआदारों को निराश किया है उच्चतम बोली न लग पाने की वजह से सबसे बड़ा हीरा नहीं बिक सका